ये प्रतिष्ठान केवल गैर संरोधन क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं इनमें सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा दिशानिर्दशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में केवल पांच लोग ही प्रवेश कर सकते हैं सिर्फ उन्ही लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे इन स्थानों पर प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी साथ ही लोगों को प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने की इजाजत नहीं होगी श्रद्वाल्ओं के लिए मास्क लगाने और छह फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा सामुदायिक रसोई और लंगर में सामाजिक दूरी के पालन का निर्देश दिया गया है रेस्त्रां के लिए जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वहां बैठकर खाने पीने की बजाय खाद्य पदार्थों को पैक करवाकर घर ले जाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए होटलों में प्रवेश के लिए अतिथियों को अपना यात्रा इतिहास स्वास्थ्य की स्थिति पहचान कार्ड और स्व उद्घोषणा प्रपत्र इत्यादि रिसेप्शन पर देना होगा शॉपिंग मॉल भी आज से खुल गए हैं लेकिन बच्चों के खेलने के स्थान और सिनेमा हॉल अभी नहीं खोले गए हैं इनमें खान पान वाले क्षेत्र में बैठने की क्षमता के केवल पचास प्रतिशत लोगों को आने की अनुमति होगी प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप सभी प्रमुख मंदिर खुल गए हैं लेकिन वाराणसी में मंदिर नहीं खुलेंगे जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने पहले ही आदेश जारी किया था कि वाराणसी में धार्मिक स्थल होटल और मॉल अभी नहीं खुलेंगे उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी जो निर्घारित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे

रात भर अधिकांश मंदिरों में सैनिटाइजेशन का काम चलता रहा ब्रह्म मुहूर्त में प्रदेश के अधिकांश मंदिरों में द्वार खोल दिए गए

पौराणिक शहर वित्रकूट में भी कामदभिरि सहित अनेक मांदेर आज से श्रद्वालयों के लिए खुल गए हैं

सुसील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ गोरक्षनाथ मंदिर के कपाट भी आज से श्रद्वालुओं के लिए खोल दिए गए मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह मंदिर में पूजा अर्वना की इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया मंदिर में जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था की गयी है और प्रवेश द्वार पर स्कैनर मशीन लगायी गयी है एक समय में सीमित लोगों को ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्वाल् दर्शन के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के नियम का अनुपालन करें संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित उन आठ सौ बीस स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है जिनके अन्दर पूजा स्थल हैं केन्द्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि इन स्मारको में गृह मंत्रालय से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा देश में तीन हजार छह सौ इक्यानबे सरक्षित स्मारक और पुरातत्व स्थल हैं जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जिम्मे है ये स्थल सत्रह मार्च को बंद कर दिये गए थे आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा कि लोगों को हाइड्रोक्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवाएं डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ ट्रस्ट का कँप कार्यालय राम कचहरी चारों धाम मंदिर में बनाया गया है कार्यालय खुलने से मंदिर निर्माण के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण कराया जा सकेगा मंदिर निर्माण के लिए भूमि समतलीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है